कई ट्वीट्स के जरिए श्री खांड् ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अड़तीस हजार वुद्धो विधवाओं और अलग रुप से सक्षम व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने अबतक तीन करोड़ अस्सी लाख की धनराशि वितरित की है

लॉकडाउन के तहत खाद्य सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति योजना के तहत राज्य में लोगों को पांच किलो म्फ्त चावल सत्रह हजार परिवारों को म्फ्त एल पी जी और एक लाख सत्तर हजार परिवारों को लाभ पहंचाने के लिए एक लाख छिहत्तर हजार एम टी दालों की खरीद की गई है श्री खांड्र ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में फंसे राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता पहंचाने के लिए डी बी टी मोड के जरिए पंद्रह सौ उनतीस फंसे व्यक्तियों को पैतीस सौ प्रति व्यक्ति की दर से सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है जिसमें से अबतक नौ हजार पांच सौ लोगों तक यह धनराशि पहंच च्की है

लॉकडाउन हटाने के बाद जिले में प्रवेश करने वालों का ऑन लाईन रेजिस्ट्रेशन के लिए इस एप्प का इस्तेमाल किया जाएगा जिला प्रशासन जंग चेक गेट के अधिकारियों के साथ इस एप्प को शेयर करने की योजना बना रहा है गौरतलब है कि तवांग जिले में प्रवेश करने वालों का विवरण मैन्युअली जंग चेक गेट में किया जाता है इस एप्प के जरिए से अन्य प्रशासनिक केंद्र और जिले के सब डिविजन कोई भी जानकारी सीधे जिला म्ख्यालय के साथ शेयर कर पायेंगे

इस दौरान सेल्टर होम के प्रबंधक ने बताया कि ऐसी महिला जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो बेसहारा है वह सेल्टर होम में रह सकती है

बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा

टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी ज्लाई में होंगी

लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी शिक्षा जारी रखने के लिए अनेक संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं राज्य के दोईम्ख में राजीव गांधी विश्वविद्यालय लॉकडाउन अवधि के दौरान नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा चला रहा है विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह अप्रैल के पहले सप्ताह से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जूम गूगल और व्हाट्सअप जैसे प्लेटफार्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे विदयार्थियों को पाठ्यक्रम प्रा करने में मदद मिली है लॉकडाउन के दौरान रोजाना शिक्षण असाइंमेंट और पाठ्यक्रमों के प्रबंधन कार्यों के साथ विदयार्थियों को वयसत रखने के लिए शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है

एक ट्वीट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है मेंथानॉल एथनॉल और ब्लीच जहर हैं और इनके पीने से विकलांगता और मृत्य् हो सकती है ये तथ्य वायरस को नहीं मारेंगे लेकिन शरीर के अंगों को नष्ट कर देंगे

आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव नौ डिग्री सेस्लियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया